अब तक उनतीस लोगों की मौत

मुख्यमंत्री कल करेंगे उद्घाटन और प्रदेश के कई हिस्सों में चक्रवात निसर्ग के प्रभाव से भारी बारिश

प्रधानमंत्री जन धन योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार इस महीने के लिए आज से पांच पांच सौ रुपए की राशि महिला लाभार्थियों के खाते में भेजना शुरू करेगी यह राशि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अन्तर्गत दी जा रही है वित्तीय सेवा विभाग ने बताया कि लाभार्थी इस महीने की दस तारीख के बाद कभी भी अपने खाते से राशि निकाल सकते हैं पहली किस्त में बीस करोड़ पांच लाख महिला जन धन खाता धारकों के खाते में दस हजार उनतीस करोड़ रुपए जमा कराए गए हैं वहीं दूसरी किस्त में बीस करोड़ बासठ लाख महिला जन धन खाता धारकों के खाते में दस हजार तीन सौ पन्द्रह करोड़ रुपए जमा किए गए एक लाख सत्तर हजार करोड़ रुपए के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत सरकार ने महिलाओं गरीब वरिष्ठ नागरिकों और किसानों के लिए निःशुल्क अनाज और नकद भूगतान की घोषणा की है प्रदेश में कोविड उन्नीस के एक सौ छब्बीस नये मरीजों की पुष्टि के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर चार हजार चार सौ बावन हो गयी है दो हजार एक सौ इक्कीस मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं दूसरे राज्यों से लौटे तीन हजार एक सौ सत्तासी प्रवासी श्रमिक भी संक्रमित मिले हैं स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि राज्य में अब तक इस वैश्विक महामारी से उनतीस लोगों की मौत हो चुकी है पिछले चौबीस घंटों के दौरान पटना के एनएमसीएच में दो जबकि शिवहर और बेगूसराय के एक एक बुजुर्ग मरीजों की मौत हुई है दोनों पहले से कई रोगों से ग्रसित थे श्री कुमार ने बताया कि स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर दो हजार एक सौ इक्कीस हो गयी है सचिव ने कहा कि होम क्वारेंटीन में रह रहे चार लाख बहत्तर हजार लोगों के स्वास्थ्य की स्क्रीनिंग हो चुकी है इनमें से एक सौ छियानवे व्यक्तियों में सर्दी खांसी बुखार या सांस लेने में तकलीफ की शिकायत मिली है देश के विभिन्न हिस्सों से प्रवासी श्रमिकों के आने का सिलसिला लगातार कम होता जा रहा है आज भी आठ ट्रेनों के माध्यम से तेरह हजार से अधिक लोगों की राज्य वापसी होगी इनमें तीन तीन ट्रेन केरल और कर्नाटक से जबकि दो ट्रेन तमिलनाडु से आ रही हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने धार्मिक स्थलों शॉपिंग मॉल्स रेस्टोरेंट और कार्यालयों के लिए नयी मानक प्रक्रियाएं जारी की है मंत्रालय ने कहा है कि कोविड उन्नीस से प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को क्षेत्र के संक्रमणमुक्त होने तक घर से काम करने की अनुमति दी जाएगी मंत्रालय की ओर से जारी मानक प्रक्रियाओं के अनुसार यदि किसी कार्यालय में कोविड उन्नीस के एक या दो मामले पाए जाते हैं तो पूरे कार्यालय परिसर को बंद करने की आवश्यकता नहीं है और विषाणुमुक्त किए जाने के बाद काम फिर से शुरू किया जा सकता है यदि कोविड उन्नीस के अधिक मामले सामने आते हैं तो पूरे भवन को अड़तालीस घंटे के लिए बंद करना होगा और सभी कर्मचारी तब तक घर से काम करेंगे वहीं मंत्रालय ने अपने आदेश में धार्मिक स्थलों में घंटी बजाने और मूर्तियों को छूने पर पाबंदी लगायी है मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को हाथ और पैर धोने होंगे साथ ही प्रवेश द्वार पर स्क्रीनिंग की जायेगी चिकित्सकों का कहना है कि नियमित तौर पर हाथ साबुन से धोने और सैनेटाइजर के प्रयोग से कोविड उन्नीस का वायरस का खात्मा हो जाता है

मुख्यमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की योजनाओं पर विशष ध्यान देने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थियों को जल्द से जल्द लाभ दिलायें श्री कुमार ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग कोरोना संक्रमण को प्रति काफी जागरूक हैं इसे व्रहत पैमाने पर चलाकर जन जन को सचेत और सतर्क रखने की जरूरत है मुख्यमंत्री ने रेडियो अखबार टेलीविजन के जरिये भी प्रचार प्रसार करने का निर्देश दिया विभिन्न मंचों से फैलाई जा रही फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने के लिए हम तथ्यों की जांच कर भ्रान्तियों को दूर करने का प्रयास करते हैं सोशल मीडिया में आ रहे एक वीडियो में दावा किया जा रहा है कि कोविड उन्नीस एक बैक्टीरिया है जिसका उपचार एस्पीरिन से किया जा सकता है सरकार ने स्पष्ट किया है कि कोरोना वायरस एक विषाणु यानी वायरस है और इसके लिए अब तक कोई विशेष औषधीय उपचार उपलब्ध नहीं है एईएस के बेहतर इलाज के लिए केन्द्र की सहायता से मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में देश का पहला बाल गहन चिकित्सा यूनिट बन कर तैयार हो गया है सौ बेड वाले इस बाल पीआईसीयू का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल करेंगे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने बताया कि बहत्तर करोड़ रूपये की लागत से बाल गहन चिकित्सा यूनिट का निर्माण किया गया है श्री पांडेय ने बताया कि इसके साथ ही साठ बेड वाले इंसेफ्लाइटिस वार्ड का भी उद्घाटन होगा मुजफ्फरपुर के केजरीवाल अस्पताल में एईएस से दो बच्चों की मौत का मामला सामने आया है इससे जिले में एईएस से मरने वालों की संख्या बढ़कर सात हो गयी है गर्मी के चालू मौसम में एसकेएमसीएच और केजरीवाल अस्पताल में अब तक तैंतालीस बच्चों का इलाज किया गया है मुजफ्फरपुर के अलावा शिवहर सीतामढ़ी और पूर्वी चंपारण जिले से एईएस के ज्यादातर मामले सामने आ रहे हैं राजधानी पटना समेत प्रदेश में चक्रवात निसर्ग के प्रभाव से कई स्थानों पर भारी बारिश हुई है पूर्वी और पश्चिम चंपारण सीतामढ़ी खगड़िया दरभंगा बक्सर रोहतास अरवल और आस पास कई जिलों में तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश हुई है बारिश के कारा जगह जगह जलजमाव हो गया है हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि तेज आंधी से पेड़ उखड़ गये हैं जिससे वाहनों का परिचालन बाधित हुआ है वहीं बिजली के पोल उखड़ने से विद्युत आपूर्ति बाधित है पूर्णिया अररिया और आस पास के क्षेत्रों में सुबह से रूक रूक बारिश हो रही है राज्य के अधिकांश हिस्सों में बादल छाये हुए हैं मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान बारिश तेज आंधी तथा वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया है विभाग के अनुसार कल और परसो भी राज्य में अच्छी बारिश होने की संभावना बनी हुई है जबकि कुछ स्थानों पर ठनका गिरने की भी आशंका है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के अनुसार आठ जून से राज्य में बन रहा चक्रवाती सिस्टम भी मौसम को प्रभावित करेगा विभाग ने लोगों से सतर्क रहने को कहा है इधर रोहिणी नक्षत्र में हो रही इस बारिश से किसानों को काफी लाभ हुआ है इससे धान की खेती के लिए अनुकूल दशाएं बनी हैं आज विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है संयुक्त राष्ट्र ने इसकी शुरूआत की थी इस वर्ष का पर्यावरण दिवस का केन्द्रीय विचार बिंदू है जैव विविधता देश भर में इस अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं कोविड उन्नीस महामारी के कारण ज्यादातर कार्यक्रम वीडियो कांफ्रेंस और वेबिनार के माध्यम से हो रहे हैं प्रदेश में भी इस अवसर पर कई स्थानों पर व्क्षारोपण के कार्यक्रम हो रहे हैं पटना जिले के एक सौ साठ विद्यालयों में वर्षा जल को संरक्षित किया जायेगा जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि भूगर्भ जल के अत्यधिक दोहन से कई समस्याएं पैदा हो रही है जिसके कारण वर्षा जल का संचयन आवश्यक हो गया है प्रदेश के तेरह विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर के चार हजार पांच सौ पदों पर नियुक्ति के लिए मुख्य विषयों से संबंधित एलाइड विषय के डिग्रीधारक भी आवेदन कर सकेंगे बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अनुसार एलाइड विषयों की मान्यता देने के लिए एक समिति बनायी गयी थी जिसकी अनुशंसा के बाद एलाइड विषयों को मंजूरी दी गयी है गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि को देखते हुए बिहार राज्य पुल निर्माण निगम ने पन्द्रह जून से पटना के सभी पीपा पुल पर आवागमन बंद करने का निर्देश दिया है निगम के अनुसार इन पुलों की खोलने की तिथि बाद में जारी की जायेगी पश्चिम चम्पारण जिले के मझौलिया थाना क्षेत्र से शराब के नशे में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मझौलिया में पदस्थापित डॉ हेमंत कुमार पांडेय को पुलिस ने गिरफ्तार किया है पटना एनआईटी में एम टेक के एससी एसटी और दिव्यांग छात्रों को ट्यूशन फीस नहीं देनी होगी संस्थान के निबंधक ने बताया कि यह निर्णय दो हजार बीस इक्कीस के सत्र से ही प्रभावी हो जायेगा गया जिले में विदेश से आयी महिला को होम क्वारेंटीन लिखने और इलाज में लापरवाही बरतने के आरोप में अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज के संविदा पर कार्यरत एक चिकित्सक की सेवा समाप्त कर दी गयी है साथ ही दो चिकित्सों से स्पष्टीकरण मांगा गया है औरंगाबाद जिले में पूलिस ने एक नक्सली पप्पू यादव को गिरफ्तार किया है पुलिस गिरफ्तार नक्सली से पूछताछ कर रही है खगड़िया जिले में अपराधियों ने एक युवक से सात लाख रूपये लूट लिये पुलिस मामले की छानबीन कर रही है पटना जिले के बख्तियारपूर में डीआरआई की टीम ने एक वाहन से लगभग ग्यारह क्विंटल गांजा बरामद किया है जिसका बाजार मूल्य करीब डेढ़ करोड़ रूपये बताया जा रहा है मुंगेर जिले में पुलिस ने कासिम बाजार थाना क्षेत्र के हसनगंज के पास तेरह अपराधियों को बड़ी संख्या में हथियार के साथ गिरफ्तार किया है इन अपराधियों के पास से पांच देशी कट्टा तेरह कारतूस दो चाकू एक मस्कट और चार मोटरसाईकिल बरामद की गयी है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने प्रधानमंत्री आवास योजना पर मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान ने मुख्यमंत्री के हवाले से लिखा है ग्रामीण आवास योजना का लाभ जल्द मिलेगा दैनिक जागरण ने शहरी निकाय के लिए स्मार्ट इंजीनियरों की दरकार को बड़ी खबर बनाया है इसके साथ ही अखबार ने राज्य में स्कूलों के खोले जाने पर लिखा है सबकुछ ठीक रहा तो जुलाई में खूल जायेंगे स्कूल दैनिक भास्कर ने भागलप्र में थानेदार के हत्यारे के एनकाउंटर पर लिखा है पुलिस का बदला पूरा थानेदार के हत्यारे दिनेश मुनि का एनकाउंटर प्रभात खबर ने राज्य में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट और राजनीतिक दलों के तैयारियों की खबर को प्रमुखता दी है दैनिक आज ने लिम्का बुक ऑफ रिकार्ड में बाबू के विचारों के जन जन तक पहुंचाने की अभियान को दर्ज किये जाने को बड़ी खबर बनाया है इधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी बुलेटिन में कहा गया है कि देश भर में इस महामारी से लगभग दो लाख सताईस हजार लोग संक्रमित हुए हैं वहीं इस महामारी से छह हजार तीन सौ अडतालीस लोगों की मृत्यु हुई है देश में कुल संक्रमित लोगों में से लगभग आधे लोग स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं वहीं एक लाख दस हजार से अधिक पाजिटिव मरीजों का इलाज चल रहा है

अब तक उनतीस लोगों की मौत

मुख्यमंत्री कल करेंगे उदघाटन और प्रदेश के कई हिस्सों में चक्रवात निसर्ग के प्रभाव से भारी बारिश